वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन सतर्क है लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने और जनता को जागरूक करने के अभियान चलाये जा रहे है प्रतापगढ में पुलिस लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को माला पहनाकर समझाईश कर रही है कोरोना संक्रमण के खिलाफ जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा मदद का सिलसिला जारी है

टोंक में भी डिग्गी कल्याण धणी ट्रस्ट की ओर से दो लाख रूपये का चैक जिला प्रशासन को दिया गया

मरकज से लौटने वाले और उनके सम्पर्क में आये लोगों को तलाशा जा रहा है राज्य के बाडमेर चूरू हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर टोंक करौली सीकर भरतपुर और धौलपुर जिलों में तबलीगी जमात में शामिल होकर आये लोगों की पहचान कर उनके ब्लड सैम्पल जांच के लिए भेज दिए गए है और उन्हें आईसोलेट कर दिया गया है वही दिल्ली पुलिस ने मरकज के मोलाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आज से मजदूरी में वृद्धि की है

कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों तथा संविदा कार्मिकों को इससे मुक्त रखा गया है पेंशनधारकों की पेंशन भी इस महीने तीस प्रतिशत कम आयेगी

इधर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को दिये गये ऋण और ईएमआई का भुगतान तीन महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की है इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज भुगतान पर तीन महीने तक रोक लगाने के लिए कहा था

राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति में भी प्रसव और शिशुओं के टीकाकरण से जुडी मुफ्त सुविधाएं जारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि सुरक्षित प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सभी सुविधाएं लॉक डाउन अवधि के दौरान भी सुचारू रूप से मिल रही है